राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से हो रही है लिखित परीक्षा आयोजित कोविड गाइड लाइन का किया जा रहा है पालन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

आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और कल नाम वापस लिए जा सकेंगे

इधर कांग्रेस ने जयपुर ग्रेटर से दिव्या सिंह और जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है वहीं भाजपा ने जयपुर ग्रेटर से सौम्या गुर्जर जबकि हेरिटेज से कुसुम यादव को चुनाव मैदान में उतारा है कांग्रेस ने कोटा उत्तर के लिए मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण के लिये राजीव अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने कोटा उत्तर से संतोष बैरवा को जबकि कोटा दक्षिण से विवेक राजवंशी को प्रत्याशी घोषित किया है जोधपुर उत्तर से कांग्रेस ने कृंती परिहार तथा जोधपुर दक्षिण में पूजा पारीक पर दांव खेला है उधर भाजपा ने जोधपुर उत्तर में संगीता सोलंकी और जोधपुर दक्षिण में वनिता सेठ को अपना उम्मीदवार बनाया है

इस बीच कल चुनाव आयुक्त पी एस मेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की श्री मेहरा ने चुनाव प्रकिया के दौरान अधिकारियों को कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं

प्रत्येक पारी में लगभग तीन लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे परीक्षाओं के लिये कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं

इस विश्वस्तरीय आर्ट गैलेरी में देश विदेश से आये सैलानी राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला रागमाला की पेन्टिंग तथा अन्य सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू हो सकेंगे

शहर के स्टेच्यू सर्किल पर कल मेगा मास्क लगाया गया

जबकि ब्रंदी में कोई भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है

खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि सरकार ने गुर्जर समाज की मानने योग्य सभी मांगों को मान लिया है उन्होंने कहा कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और संघर्ष समिति आंदोलन की राह छोड़ वार्ता के लिए आगे आएं श्री चांदना ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

इसके अलावा गंगापुर सड़क मार्ग पर भी बसे संचालित की जा रही हैं हालांकि आंदोलन के कारण अभी भी बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग बाधित हैं